प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाये हैं कई कदम

कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक किया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है बाइट आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो तो उसके सामने एक हजार बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए वर्ना संसार चक्र नहीं चल सकता आज प्ररे देश में ये चिंता का विषय है

केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश की सभी बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बेटियां हमारे परिवार समाज और देश का गौरव हैं उन्होंने कहा कि आज लडकियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान से नये भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है उत्तर प्रदेश दिवस का यह चौथा संस्करण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है और यह भारत की संस्कृति सभ्यता और स्वाधीनता आन्दोलन का केन्द्र भी रहा है

इस स्थापना दिवस कार्यकम के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को जिन्होंने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करके दिखाया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो हजार सत्रह में तत्कालीन राज्यपाल रामनाइक के प्रस्ताव पर स्थापना दिवस की शुरूआत की गई थी

उन्होंने कहा कि आज यह योजना देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है

डिस्पैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लखनऊ के स्थानीय सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एमएसएमई विभाग की उद्यम सारथी नामक एक ऐप का अनवारण किया यह ऐप युवाओं को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में एक मास्टर की के रूप में कार्य करेगा जहां एक क्लिक पर उन्हें रोजगार से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी उन्होंने इस अवसर पर खेल कृषि डेयरी उद्योग और संस्कृति सहित अन्य विभाग के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पीलीभीत में इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आज ज़िलाधिकारी ने सम्मानित किया वहीं अमरोहा में इस मौके पर विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी कन्नौज में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र तथा दिव्यांगों को ट्राई साईकिल तथा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा में नवाचार करने वाली पांच छात्राओं को सम्मानित किया गया मेरठ में स्थापना दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक भव्य कार्यकम का आयोजन किया गया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

अब तक कुल एक करोड तीन लाख से अधिक लोग कोविड के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं देश में कोविड के मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है

प्रदेश में सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग सेन्टर की सुविधा उपलब्ध करायेगी

इस योजना के अंतर्गत हर मण्डल मुख्यालय पर निःशुल्क आफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यकम और परीक्षा पैटन के संबंध में अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दी जायेगी इसके लिए राज्य स्तर पर ई लर्निग कंटेंट प्लेटफार्म बनाया जा रहा है इसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो अपलोड किये जायेंगे साथ ही विभिन्न उच्चस्तरोय कोचिंग संस्थानों के स्टडी मटोरियल भी उपलब्ध कराये जायें गे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सहारनपुर के सेना के जवान निशान्त शर्मा के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है